कलेक्टरों को सावधानी बरतने को कहा

जावड़ेकर ब्रिक्स शहरी पर्यावरण प्रबंधन पर ब्राजील के साओ पावलो में आज ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में पर्यावरण संबंधी तमाम समस्यांओं को हल करने के लिए मिलकर काम करने की सहमति व्यक्त की गई

ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्रियों की पांचवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया प्रहलाद पटेल केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल की ग्राम स्वराज पदयात्रा आज से शुरू हो गई है

यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं

इस दौरान यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले इलाकों में लोगों को नशामुक्ति स्वच्छता ग्रामीण विकास और वृक्षारोपण जैसे मुद्दों पर जागरुक बनाया जायेगा

संयुक्त संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण ने बताया कि योजनांतर्गत अधिकृत व्यक्ति को एक रूपये प्रति किलो की दर से गेहूँ और चावल प्रदाय किया जाएगा अटल पुण्यतिथि भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज प्रथम पुण्यतिथि है इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत परमाणु अस्त्र का उपयोग पहले नहीं करेगा भारत की परमाणु नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है अंतर्राष्ट्रीय स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेने जैसलमेर जिले के पोखरण पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि यही वह स्थान है जहां अटलजी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किये गये थे भारत का एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र का दर्जा हासिल करना प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व की बात है जिसके लिए राष्ट्र अटल जी का सदैव ऋणी रहेगा राज्य में इस अवसर पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने अटलजी को श्रद्वास्मन अर्पित किये प्रदेशभर में कई श्रद्वांजलि सभाए और कवि गोष्ठियां आयोजित की जा रही है बैतूल जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटलजी का पुण्य स्मरण किया इस मौके पर उनकी कविताओं का काव्यपाठ भी किया गया इंदौर में अटल फाउण्डेशन द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और वृक्षारोपण किया गया भुजरिया रक्षाबंधन के दूसरे दिन आज साम्प्रदायिक सौहाई प्रकृति के प्रति प्रेम का पर्व कजलिया परंपरागत उत्साह से मनाया जा रहा हैं कई जगह इसे भुजरिया के नाम से भी जाना जाता है इसमें लोग एक दूसरे को गेहूं के जवारे देकर श्भकामनाओं का आदान प्रदान करते हैं परंपरा के मुताबिक नागपंचमी के दिन लोग अपने अपने घरों में गेहूं के दाने बोते हैं फिर आज शोभायात्रा के रूप में इन जवारों को नदी के घाटों पर ले जाते हैं आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर आज कटनी में कजलिया मेला आयोजित किया गया है

ग्वालियर में एतिहासिक चकरी मेला भी आज से प्रारंभ हो गया

उज्जैन में कल बारिश की बजह से तेज बहाव में एक कार पुलिया पर हादसे का शिकार बन गई उसमें सवार दो शिक्षिकाओं और ड्रायवर की मौत हो गई

निवाड़ी जिले के सिनोनिया गांव में जामनी नदी में फंसे तीन लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकाप्टर की मदद से सुरक्षित निकाल लिया है लगातार बारिश के कारण खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट आज कुछ गेट खोले गये हैं

इस दौरान मंदसौर जिले में सबसे अधिक और सीधी जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है बालाघाट पन्ना शहडोल और सीधी जिले में सामान्य से कम वर्षा मापी गई है